उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जरिए इस बात पर चर्चा की गई कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना इस सेमिनार का उद्देश्य है उन्होंने बताया कि इस सेमिनार के दौरान जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उससे सरकार को अवगत कराते हुए आगे की रणनीति तैयार होगी सम्मेलन के दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ नहीं है उन्होंने जनता से अपील की है कि इस पर गंभीरता से विचार करें क्योंकि यह कानून किसी व्यक्ति या धर्म के खिलाफ नहीं है इसको लेकर किसी प्रकार की जनहानि और धन हानि नहीं होनी चाहिए आपदा कार्यशाला उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड और वर्ल्ड बैंक की ओर से देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आपदा के जोखिम और उसके प्रबंधन के लिए जिओ स्पेशल प्लेटफार्म को लांच किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिओ डाटा बेस से अब उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं की सारी जानकारी पहले ही मिल सकेगी जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सकेगा आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन को ज्यादा असरदार बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है इसमें नई तकनीक को लेकर जानकारी दी गई ऐसी तकनीक जिससे कम समय में मदद पहुंचाने और समय रहते आपदा से बचाव करने में मदद मिल सकेगी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिदिम अग्रवाल ने कहा कि जिओ स्पेशल प्लेटफार्म में उत्तराखंड के इंफ़ासटेक्चर के साथ ही उत्तराखंड के राजस्व विभाग पीडब्ल्यूडी पुलिस विभाग फॉरेस्ट और एसडीआरएफ के रिसोर्सेज की मैपिंग भी की गई है जिससे आपदा आने से पहले ही सभी विभागों को सूचना मिल जाएगी पलायन बैठक नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर चिन्ता व्यक्त की उन्होंने विशेषकर अभाव के कारण हो रहे पलायन को रोकने के लिए कारगर रणनीति बनाने का सुझाव दिया देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या के संबंध में हुई बैठक में श्री चंद ने कहा कि सीमान्त क्षेत्र में जनसंख्या निर्वात नहीं होना चाहिये क्योंकि ये आबाद गांव सच्चे सीमा प्रहरी का कार्य करते हैं राज्य में कृषि के प्रति घटते रूझान पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने सुझाव दिया गया कि लैण्ड लीजिंग कानून में परिवर्तन करके कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सैटेलाइट सिटीज को विकसित करने का सुझाव भी दिया बैठक में श्री चंद ने अधिकारियों को समान परिस्थिति के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की रणनीति का भी अनुभव शामिल करने का अधिकारियों को सुझाव दिया इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विकास के साथ साथ पलायन सभी राज्यों में हुआ है लेकिन उत्तराखण्ड सीमान्त क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यहां पर गांव का खाली होना चिन्ता की बात है बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नीति आयोग के सदस्य का ध्यान आकृष्ट करते हुए गांव के आस पास छोटे कस्बों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया कार्यशाला उत्तरकाशी उत्तरकाशी में पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी क्र त्रिम गर्भधान कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया

साथ ही लिंग वर्गीकृत वीर्य के उपयोग की भी पशुपालकों को सलाह दी गई इसके अलावा सभी जिलों में मोबाइल वैन की भी सुविधा पशुपालकों को दी जाएगी नैनीताल पार्किंग पर्यटन नगरी नैनीताल में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर आने वाले पर्यटकों के वाहनों के दबाव को देखते हुए रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है

पर्यटकों की सुविधा और मनोरंजन के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह रहेंगी और पर्यटकों पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी नहीं होगी

यदि इन तीन देशों से आए शरणार्थियों के पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका उत्पीड़न हुआ हो तो वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है इसके अलावा ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिलेगी

यह कानून शरणार्थियों की देखभाल करता है और भारत इस कानून के तहत अन्य शरणार्थियों को दूर नहीं भेज रहा है भारत सहित प्रत्येक देश के प्राकृतिकीकरण के अपने नियम हैं

यह उम्मीद की जाती है कि किसी दिन जब वहां की स्थिति में सुधार होगा तो यह शरणार्थी अपने घर वापस लौट जाएंगे

नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी भारतीय नागरिक भारत के संविधान द्वारा उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं कोई भी राज्य नागरिक संशोधन कानून को निरस्त नहीं कर सकता है नागरिक संशोधन कानून से संबंधित गलत सूचना देने वाला अभियान चलाया जा रहा है यह कानून मुस्लिम नागरिकों सहित किसी भी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है सीएए रिएक्शन नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जहां एक तरफ अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं प्रदेश के कई लोगों ने इस कानून का स्वागत किया है बागेश्वर में यूवाओं का कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर वोट की राजनीति और नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है

कई लोग कानून को लेकर देश में हो रही हिंसा से आहत हैं कई लोगों का यह भी कहना है कि यह कानून देश में लागू होने से सभी नागरिकों को फायदा होगा विशेषकर उन लोगों को जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ित किये जा रहे हैं

मुंबई में मुख्यमंत्री से टाटा सन्स के चेयरमैन सहित टाटा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की